यह अब केवल दो प्रतिशत रह गई है

फरीदाबाद में एक कोविड मरीज़ की मृत्य् भी हई है

भिवानी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा जितेन्द्र कादियान ने भी जिले में आज पांच कोविड मरीज़ों

जिलाधीश अशोक क्मार शर्मा द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि इस दौरान ज्टने वाली भीड़ को देखतें हये विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशों के तहत यह फैसला लिया गया है

उपाय्क्त ने कहा कि निमामें की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी पंचकूला के उपाय्क्त मुकेश आहजा ने भी एक आदेश जारी कर जन्माष्टमी के उप्लक्ष्य में मंदिरों के प्रबंधक समितियों को सैनेटाइज करने और सामाजिक दूरी का पालन करने के निर्देश दिये है और प्रभात फेरी झांकी व सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है

केन्द्रीय वाणिज्य एवं उदयोग मंत्री पीयूष गोयल ने और खरीददारों और विक्रेताओं को सरकारी ई मार्किट जैम के साथ ज्इने का आहवान किया है वे गर्वेमेंट ई मार्किट प्लेस जैम दवारा भारतीय उदयोग परिसंघ के साथ मिलकर आयोजित किये चौथे राष्ट्रीय जन खरीद सम्मेलन के उदघाटन पर बोल रहे है जैम की सफतला की प्रंशसा करते हये उन्होंने कहा कि सरकारी खरीद में इससे बड़ा बदलाव आया है और इससे पारदर्शी निर्विघ्न आसान और त्रंत खरीद में मदद मिलेगी श्री गोयल ने जैम पर बेइमान विक्रेताओं को निम्न गुणवता वाली वस्तुओं बेचने व वस्त्ओं का ज्यादा मूल्य लेने से सावधान किया है और चेतावनी दी है कि ऐसे विक्रेताओं को इस पोर्टल पर ही नहीं बल्कि सभी सरकारी परितंत्र और व्यापार को लेकर काली सूची में डाल दिया जायेगा हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दृष्यंत चौटाला ने कहा है कि केन्द्र की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को राज्य में लागू किया जायेगा आज क्रूक्षेत्र जिले गांव लुखी में पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति मे कौशल विकास को बढ़ावा दिया गया है जिससे आने वाले समय में युवा पीढ़ी को लाभ होगा और वह आत्मनिर्भर बन सकेगी पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हये उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति से देश व प्रदेश में बड़ा परिवर्तन आयेगा एक सवाल के जवाब मे उप म्ख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसी भी विभाग में श्रष्टाचार नहीं होने दिया जोगा

इसी पहल राजस्व विभाग से की गई है उन्होंने कहा कि ज़मीनों को रजिस्ट्रियों के मामले में मिली शिकायतों की जांच गुरूग्राम के उपायक्त दवारा की जा रही है इस रिपोर्ट के तथ्यों के आधार पर श्रष्टाचार में संल्पित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी श्री दृष्यंत चौटाला ने कहा कि रजिस्ट्रियों के लिए नया साफ्टवेयर बनाया जा रहा है

केन्द्रीय पेट्रोलियम एंव प्राकृतिक गैस मंत्रालय दवारा आज विश्व बायो ईंधन दिवस के अवसर पर आत्मनिर्भर भारत के लिए बायोईधन विषय पर एक वेबीनार का आयोजन किया गया विश्व बायो ईंधन दिवस प्रत्येक वर्ष दस अगस्त को प्राकृतिक ईंधन जैसे कि कोयला व तेल की जगह गैर प्राकृतिक बायो ईंधन का महत्व बारे जागरूकता लाने के लिए मनाया जाता है इस मौके पर अपने सम्बोधन में पेट्रोलियम एंव प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सिचव तरूण कपूर ने कहा कि देष में कृषि आधारित अवशेष बड़ी मात्रा में मौजूद है इसलिए बायो ईंधन के पैदावार की संभावना काफी ज्यादा है

जिला उपायक्त अजय कुमार ने आज यह जानकारी देते हये बताया कि यह परियोजना ग्राम पंचायत आणी माह की गौशाला में लगाई जायेगी